केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अलवर जिले के भिवाडी क्षेत्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उदघाटन किया मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड से सम्बन्धित विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया

प्रदेश में बिजली बिलों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेशभर में प्रदर्शन किया राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में कई जगह तेज बारिश मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर आज भी भारी बारिश की संभावना जताई

वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती थे श्री मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है उन्होंने कहा कि असाधारण व्यक्तित्व के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परम्परा और आध्रनिकता का अनुठा संगम था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी श्री मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट किया है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन तक आम आदमी की पहुंच को और सुलभ बनाया उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ज्ञान नवाचार संस्कृति विज्ञान और साहित्य के केन्द्र के रूप में भी विकसित किया देश के कई अन्य नेताओं ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा द्ख प्रकट किया है गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन देश सेवा के लिए समर्पित रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता और विचारक खो दिया है

इसमें भारतीय अंतरिक्ष अन्संधान संगठन इसरो के मंगलयान प्रोजेक्ट से जुड़े कलपुर्जे बनाए जाएंगे इसके अलावा सेना के टैंक और जहाजों से जुड़े औजार भी बनाए जाएंगे साथ ही विभिन्न प्रकार के तकनीकी कोर्स भी चलाए जाएंगे

उन्होंने जयपुर कोटा उदयपुर और नागौर में भिवाडी टेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सटॅशन सेंटर स्वीकृत करने पर आभार जताया उन्होंने बताया कि एमएसएमई उद्योग के बकाया भूगतान संबंधी विवादों के जल्द निपटारे के लिए राजस्थान ने तीन और सुविधा परिषदों का गठन किया है

कोरोना संक्रमित पाये गये विधायकों में कांग्रेस विधायक रमेश मीणा भाजपा विधायक हमीर सिंह तथा चन्द्रभान सिंह आक्या शामिल हैं प्रतापसिंह खाचरियावास और रमेश मीणा जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए इन विधायकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल शाम समीक्षा बैठक में सभी सांसदों और विधायकों से कोरोना जांच कराने की अपील की है

परीक्षा केन्द्रों पर इस दौरान पूरे ऐहतियात बरते गए परीक्षा देने के लिए केन्द्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग हई और मास्क लगाने वाले परीक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया गया परीक्षार्थियों के हाथों को भी सैनेटाइज करवाया गया

न्यायालय ने वकीलों के विभिन्न संगठनों के अनुरोगध पर प्रयोग के रूप में ऐसा करने का निर्णय लिया है

लॉकडाउन में ढील दिये जाने के बाद भी न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुकदमों की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है न्यायमूर्ति एमवी रमण की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की समिति ने विभिन्न बार एसोसिएशनों के अनुरोध पर विचार के बाद इस महीने के शुरू में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे से सिफारिश की कि सुरक्षा के अतिरिक्त उपायों के साथ प्रयोगात्मक आधार पर मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू की जाये प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल माफ करने और बिजली दरो में की गई वृद्धि को वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज बिजली विभाग के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया गया

उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोन्द्रीय मंत्री और सांसदों से भी भेंट की इसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों से चर्चा की श्री माकन कल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मुलाकात कर चुके है

हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद परम्परागत खिलौने बनाने वाले कामगारों में नई उम्मीद जगी है